अब इंजीनियरिंग में दाखिले कि लिए जेईई मेन्स एक से सोलह सितंबर तक ली जाएगी जबकि जेईई एडवांस सताईस सितंबर को होगी वहीं मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट का आयोजन तेरह सितंबर को होगा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि इसके लिए गठित विशेषज्ञों के पैनल की सिफारिश पर ही तीनों परीक्षाओं की तारीख को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित मालबाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान क्लदीप उरांव का शव आज साहेबगंज स्थित उनके पैतुक गांव ले जाया जाएगा जहां प्रे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा इससे पहले कल देर शाम शहीद कलदीप उराव का शव रांची लाया गया यहां धुर्वा स्थित एक सौ तैंतीस सीआरपीएफ बटालियन कैंप में शहीद का शव रखा गया जहां राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने श्रद्धांजलि अर्पित की राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान इकहतर नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं जबकि तेरह लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छट्टी दे दी गई नए मरीजों में सबसे ज्यादा मामल रांची जिले से सामने आये हैं यहां से मिले सताइस मरीजों में पांच थानों के पांच पुलिसकर्मी और एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी शामिल हैं नामकुम स्थित आर्मी हॉस्पिटल में छह जवानों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में सोलह पष्चिमी सिंहभूम में तीन सरायकेला खरसावां में एक कोडरमा में आठ गिरिडीह में तीन गढ़वा में तीन दुमका में तीन लातेहार में दो पलामू में दो और धनबाद में तीन कोरोना संक्रमित मिले हैं उधर कोल्हान क्षेत्र में तीन खनन पदाधिकारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पष्चिमी सिंहभूम के डीसी अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा भी होम क्वारेंटाइन में चले गए हैं इस तरह राज्य में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर दो हजार सात सौ छह हो गई है कोरोना से अब तक राज्य में पंद्रह संक्रमितों की मौत हुई है जबकि दो हजार एक संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं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

इससे लोगों को काफी सहलियत हुई है इसके लिए गिरिडीह के लाभुकों ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया है

लापता होने वाले बच्चों में नवासी लड़कियां हैं मुख्य न्यायधीश डॉ रवि रंजन और न्यायधीश डॉ सुजीत नारायण प्रसाद ने समाचार पत्रों में बच्चों के लापता होने की खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनंहित याचिका में बदल दिया अदालत ने सरकार से पूछा है कि किन परिस्थितियों में बच्चे गायब हुए और इस बाबत किन किन थानों में प्राथमिकी दर्ज हुई इसकी पूरी रिपोर्ट दें अदालत ने सरकार से यह भी पूछा कि बच्चों के लापता होने के मामले की जांच कराई जा रही है या नहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेष कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया है प्रदेष भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाष ने बताया कि कमेटी में उपाध्यक्ष के रूप में सांसद सुनील सिंह पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा राज पलिवार अन्नपूर्णा देवी प्रणव वर्मा विनोद शर्मा अर्पणा सेनगुप्ता पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वहीं धर्मपाल सिंह प्रदेष संगठन महामंत्री और समीर उरांव आदित्य साह तथा प्रदीप वर्मा को प्रदेष महामंत्री बनाया गया है इसके अलावा भी संगठन में विभिन्न पदों और जिला प्रभारियों की भी घोषणा की गई है मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में आज से बहतर घंटे तक भारी बारिश और वज्रपात होने की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जारी किए जाने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को हर स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है उधर पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वजपात में नौ लोगों की मौत हो गई इसमें गोड्डा डिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के बहियार में ठनका गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई वहीं खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के कोचांग में वजपात से दो सगी बहनों की जान चली गई पलामू जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तीन की मौत और नौ लोग वजपात में घायल हो गए वहीं चतरा जिले के हंटरगंज में एक महिला की मौत आकाशीय पिंड गिरने से हई

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स और राज्यवासियों के सहयोग से कोरोनो को नियंत्रित करने की दिशा में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है

इसके साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है अब अखबारों की सुर्खियां और आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने पहले पत्रे पर किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाषित किया है आज प्रकाषित होनेवाले लगभग सभी अखबारों ने चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर जारी तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह दौरे को पहले पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाषित किया है प्रधानमंत्री द्वारा सीमा पर सैन्य हालातों की समीक्षा और जवानों की हौसला अफजाई की खबर प्रमुखता से छापी है दैनिक प्रभात खबर रांची एक्सप्रेस और दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री के लेह दौरे के साथ देवघर में श्रावणी मेला आयोजित नहीं करने के झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को भी पहले पन्ने पर जगह दी है इसमें अदालत द्वारा श्रावणी मेला आयोजित करने से कोरोना संक्रमण बढ़ने की आषंका जाहिर की है दैनिक हिन्दुस्तान ने जम्मू कष्मीर के श्रीनगर स्थित मालबाग में साहेबगंज निवासी और सीआरपीएफ जवान कुलदीप उराव के आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद होने की खबर प्रमुखता से ली है वहीं दैनिक भास्कर ने केंद्रीय विद्युत मंत्री के राज्यों के मुख्यमंत्रियों और बिजली मंत्रियों के साथ विद्युत अधिनियम संषोधन विधेयक और रांची में छह पुलिसकर्मियों तथा आर्मी जवानों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक जागरण ने आई सी एम आर द्वारा क्लीनिकल परीक्षण पूरा होने के बाद पंद्रह अगस्त तक स्वदेषी कोरोना वैक्सिन जारी करने की योजना की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह दौरे और कानपुर में पुलिस टीम पर हुए हमले में आठ जवानों के शहीद होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाषित किया है